मुख्यमंत्री जयराम ठाकर की अध्यक्षता में आज शिमला में हई योजना बोर्ड की बैठक में ये स्वीकृति दी गई

योजना में सामाजिक सेवा क्षेत्र परिवहन संचार कृषि उर्जा और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक वर्ष की अवधि में शिक्षा स्वास्थ्य बागवानी और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है

सैजल राज्य सरकार ऊना जिला प्रशासन द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई ऊना उत्कर्ष योजना के कुछ बिन्दुओं को प्रदेशभर में लागू करने के प्रयास करेगी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने ऊना के झलेड़ा में अभियान के तहत आयोजित जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में कहा कि इससे बेटियों के प्रति समाज में फैली मानसिकता को लेकर व्यापक जनजागरूकता लायी जा सकती है उन्होंने कहा कि लिंग अनुपात में सुधार के लिए ऊना उत्कर्ष योजना कारगर साबित हो रही है राजीव सैजल ने सभी वर्गो से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आने का आहवान किया वेतन आयोग केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार और सहायता प्राप्त स्नातक स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों व शैक्षणिक कर्मचारियों तक सातवें वेतन आयोग की सुविधाओं को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इससे सरकार पर एक हजार दो सौ चालीस करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा

इसमें ऊना व हमीरपुर जिलों के करीब एक सौ युवा भाग लेंगे

युवा संसद में युवाओं का चयन राज्य स्तर पर होने वाली संसद के लिए किया जाएगा

ये सभी उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी हालडा जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में सर्दियों के मौसम में त्यौहारों का दौर शुरू हो जाता है इसी कड़ी में जिले की गाहर घाटी में हालड़ा उत्सव कल शुरू हुआ तीन दिन तक चलने वाले इस उत्सव में लोग रात के समय अपने घरों से जलती मशालें लेकर हालड़ा का गीत गाते हैं और निर्धारित स्थान पर सामूहिक रूप से पूजा पाठ करते हैं लोगों का कहना है कि घाटी में ये उत्सव नव वर्ष के आगमन पर मनाया जाता है और इस दौरान इलाके की खुशहाली व समृद्धि की कामना की जाती है हालड़ा उत्सव के दौरान लोग नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं